संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो ग्तरश ने श्री मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अग्रणी भूमिका और दो हजार बाईस तक भारत में प्लास्टिक का उपयोग समाप्त करने के अभूतपूर्व संकल्प के लिए नेतृत्व श्रेणी में चुना गया यह वार्षिक प्रस्कार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सरकारी सामाजिक और निजी क्षेत्र के विशिष्ट नेताओं को दिया जाता है सम्मान प्राप्त करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि यह सवा सौ करोड़ देशवासियों का सम्मान है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्व हैं उन्होंने कहा कि यह आदिवासी मछुआरों और किसानों के प्रति सम्मान है चौपियन्स ऑफ द अर्थ अवार्ड उन करोड़ों किसानों का सम्मान है जो इस मिट्टी को अपने प्राणों से भी प्रिय मानते हैं ये भारत की उस महान नारी का सम्मान है जिसके लिए सदियों से रीयूज और रीसाइकल रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा रहा है ये भारत में प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले अनाम चेहरों का सम्मान है प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि पर्यावरण संरक्षण सदियों से भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है उन्होंने कहा कि जलवायु और आपदा से संस्कृति का सीधा रिश्ता रहा है अगर संस्कृति का जोर पर्यावरण पर नहीं हो तो आपदाओं से बचा नहीं जा सकेगा मैं पर्यवरण और प्रकृति को लेकर भारतीय दर्शन की बात इसलिए करता हूं कि क्योंकि क्लाइमेट और क्लेमिटी का कल्चर से सीधा रिश्ता है क्लाइमेट की चिंता जबतक कल्वर का हिस्सा नहीं होती तब तक क्लेमिटी से बच पाना मुश्किल है पर्यावरण के प्रति भारत की संवेदना को आज विश्व स्वीकार कर रहा है ये हजारों वर्षों से हमारी जीवन शैली का हिस्सा रहा है संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऐसे नेता हैं जो जलवायू परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों को समझते हैं और जलवाय् से मिलने वाले फायदों को जानते हैं संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि जलवायू परिवर्तन दुनिया के अस्तित्व के समक्ष एक सीधी चुनौती है वे ये भी जानते हैं कि इस विनाश से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए विश्व के अन्य नेता भी इस समस्या को पहचानते और समझते हैं लेकिन प्रधानमंत्री मोदी न कंवल इस चुनौती को पहचानते हैं बल्कि इसके हल की दिशा में पूरी ऊर्जा के साथ प्रयास कर रहे हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि श्री मोदी का हमेशा यह विश्वास रहा है कि देश विकास के पथ पर चलते हए पर्यावरण को संरक्षित रख सकता है उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार प्रधानमंत्री के नेतृत्व का उचित सम्मान है इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने गरीबों के कल्याण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की न्यायमूर्ति रंजन गोगोई देश के छियालिसवें प्रधान न्यायाधीश बन गये हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में एक सादे समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई न्यायमूर्ति गोगोई ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्र का स्थान लिया है जो कल सेवानिवृत हो गए न्यायमूर्ति गोगोई सत्रह नवम्बर दो हजार उन्नीस तक इस पद पर रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अरूण जेटली तथा कई गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद थे आंदोलनकारी किसानों ने आज तड़के दिल्ली में चौधरी चरणसिंह के स्मारक किसान घाट पर अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेने का फैसला किया है आकाशवाणी से बातचीत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अपनी समस्याओं के प्रति सरकार के रुख से संतृष्ट हैं श्री टिकैत ने कहा कि राजघाट तक हमारी यात्रा थी इस यात्रा का समापन हो गया है और लोग अब अपने घरों की तरफ जा रहे हैं लोगों से अपील की जा रही है कि आप अपने घर की तरफ शांतिपूर्ण तरीके से पहंचे केंद्र सरकार के आज तड़के किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की अनुमति देने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच गतिरोध समाप्त हो गया है